कहा ये गर्व की बात है कि भारत विश्व का सबसे बडा टीकाकरण अभियान चला रहा है

राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को दी होली की श्रभकामनायें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी से कोविड टीका लगाने की अपील की है आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि सभी के लिए यह गर्व की बात है कि भारत में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है उन्होंने कहा कि सौ वर्ष से अधिक उम्र के बहुत से लोगों ने टीके लगवाये हैं और घर के बुजुर्गों में टीके के प्रति उत्साह स्पष्ट रूप से नजर आता है श्री मोदी ने कहा कि सभी को कोरोना से लड़ने का मंत्र याद रखना चाहिए कि दवाई भी कड़ाई भी साथियो सही भी है देश के कोने कोने से हम ऐसी खबरें सुन रहे हैं ऐसी तस्वीरें देख रहे हैं जो हमारे दिल को छू जाती हैं

मैं आप सभी श्रोताओं के विचारों की सराहना करता हूँ

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष मार्च में देशवासिया ने पहली बार जनता कर्फ्यू शब्द सुना और लोगों ने अनुशासन का अभूतपूर्व उदाहरण पेश किया है पिछले वर्ष ये मार्च का ही महीना था देश ने पहली बार जनता कर्फ़यू शब्द सुना था लेकिन इस महान देश की महान प्रजा की महाशक्ति का अनुभव देखिये जनता कर्फ्यू पूरे विश्व के लिए एक अचरज बन गया था

उसी प्रकार से हमारे कोरोना वारियर्स के प्रति सम्मान आदर थाली बजाना ताली बजाना दिया जलाना आपको अंदाजा नहीं है कोरोना वारियर्स के दिल को कितना छू गया था वो और वो ही तो कारण है जो पूरी साल भर वे बिना थके बिना रुके डटे रहे देश के एक एक नागरिक की जान बंचाने के लिए जी जान से जूझते रहे

श्री मोदी ने कहा कि अमृत महोत्सव के माध्यम से किसी भी स्वतंत्रता सेनानी की संघर्ष गाथा किसी स्थान के इतिहास को सामने लाकर देशवासियों को उससे जोड़ने का माध्यम बनाया जा सकता है साथियो किसी स्वाधीनता सेनानी की संघर्ष गाथा हो किसी स्थान का इतिहास हो देश की कोई सांस्कृतिक कहानी हो अमृत महोत्सव के दौरान आप उसे देश के सामने ला सकते हैं देशवासियों को उससे जोड़ने का माध्यम बन सकते हैं आप देखिएगा देखते ही देखते अमृत महोत्सव ऐसे कितने ही प्रेरणादायी अमृत बिंदुओं से भर जाएगा और फिर ऐसी अमृत धारा बहेगी जो हमें भारत की आजादी के सौ वर्ष तक प्रेरणा देगी देश को नई ऊँचाई पर ले जाएगी कुछ न कुछ करने का जज्बा पैदा करेगी

उन्होंने कहा कि आज देश की बेटियां जीवन के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रही हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि क्षेत्र में रोजगार के नये अवसर पैदा करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत कृषि के साथ ही नये विकल्पों को अपनाना भी जरूरी है प्रधानमंत्री ने कहा कि मधुमक्खी पालन देश में शहद क्रांति या मीठे आंदोलन का आधार बना रहा है उन्होंने कहा कि शहद के अलावा मधुमक्खी के छत्तों से मिलने वाला मोम भी आय का एक प्रमुख स्रोत है श्री मोदी ने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से लाइट हाउस अनूठे होते हैं और उनकी भव्य संरचना हमेशा से ही लोगों को आकर्षित करती रही है

विश्व गौरैया दिवस का उल्लेख करते हुए श्री मोदी ने बताया कि वाराणसी में इन्द्रपाल सिंह बत्रा ने एक अनूठा प्रयास करते हुए अपने घर को गौरैया का आशियाना बना दिया है उन्होंने अपने घर में लकड़ी के ऐसे घोंसले बनवाये हैं जिनमें गौरैया आसानी से रह सके आज वाराणसी के कई घर इस अभियान से जुड़ रहे हैं श्री मोदी ने लोगों को होली उगाड़ी तमिल पुथंडू गुडो पडवा बिहू नवरेह पोइला बोईशाख बैसाखी आर विश्र नवरात्रि रामनवमी ईस्टर और अंबेडकर जयंती की बधाई दी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

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य सरकार की विकासोन्मुखी नीतियों से प्रदेश लगातार प्रगति की ओर अग्रसर है श्री योगी कल गोरखपुर में अशफ़ाकउल्ला खां प्राणि उद्यान के लोकार्पण कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि उनकी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में विकास की गंगा बहे इसी क्रम में गोरखपुर में भी निरंतर विकास की योजनायें संचालित की जा रही हैं

श्री योगी ने कहा कि अशफ़ाकउल्ला खॉ के नाम से बनाया गया यह प्राणि उद्यान स्वाधीनता संग्राम के इस महान सपूत के प्रति श्रद्धांजलि है

इस अवसर पर स्थानीय सांसद रविकिशन शुक्ला वन और पर्यावरण मंत्री दारा सिंह चौहान वन राज्य मंत्री अनिल शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद थे प्रदेश भर में रंगोत्सव होली का उल्लास नज़र आ रहा है शहरों और ग्रामीण क्षेत्र के प्रमुख चौराहों सहित जगह जगह होलिकाओं को आकर्षक ढंग से सजाया गया और सांस्कृतिक कार्यक्रमा के आयोजन का क्रम जारी है वहीं बाजारों में लोग खरीददारी कर रहे हैं मथुरा सहित समूचा ब्रज मण्डल अबीर और गुलाल से शराबोर है महिलायें और बच्चे होलिका का पूजन कर रहे हैं वहीं चतुर्वेदी समाज का विश्राम घाट से डोला निकाला गया जिसमें देश विदेश से आये चतुर्वेदी समाज के लोग शामिल हो रहे हैं अयोध्या में भी होली के एक दिन पूर्व छोटी होली का उल्लास अपने चरम पर है यहां नगर के चौक इलाके में सर्राफा व्यापारियों सहित विभिन्न वर्गो के लोगों ने जमकर होली खेली कन्नौज में श्रद्धालुओं ने महादेवी घाट पर गंगा स्नान और पूजा अर्चना की रात में हवन पूजन और मंत्रोचार के साथ शुभ मुहूर्त में होलिका दहन किया जायेगा राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कइ राजनीतिक दलों के नेताओं ने प्रदेशवासियों को होली की शुभ कामनायें दी है राज्यपाल श्रीमती पटेल ने अपने श्भ कामना सन्देश में लोगों से भेदभाव भुलाकर सौहार्दपूर्ण माहौल में रंगोत्सव मनाने का आहवान किया है श्री योगी ने रंगोत्सव की शुभकामनाएं देते हुए लोगों से इस त्यौहार की शुचिता और मर्यादा बनाये रखने का आहवान किया

भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने होलिकोत्सव की बधाई देते हुए कहा है कि सनातन संस्कृति में सभी पर्व सच्चाई की सार्वभौमिकता के साथ साथ विश्वबन्धुत्व का सन्देश देते हैं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने श्रभकामना सन्देश में कहा है कि सभी वर्गो और समुदायों के बीच आपसी मेल मिलाप ही इस पर्व की पवित्रता है इस दिन को साम्प्रदायिक सौहार्द और एकता के पर्व के रूप में मनाया जाना चाहिए कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि होली अनेकता में एकता प्रदर्शित करने वाला त्यौहार है इसे बग़ैर भेदभाव के सौहार्द के साथ मनाना चाहिए मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जम्मू कश्मीर क शोपियां जिले में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए बागपत जिले के रहने वाले सेना के जवान पिकू कुमार को श्रद्धांजलि दी है श्री योगी ने शहीद हवलदार पिंकू कूमार के परिजनों को पचास लाख रूपये की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने ज़िले की एक सड़क का नामकरण शहीद जवान के नाम करने का ऐलान भी किया है

प्रवेश संबंधी विवरण विद्यालय की वेबसाइट और एंडोएड मोबाइल ऐप के जरिए प्राप्त किया जा सकता है